मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने इस केन्द्र पर मतदान को शन्य घोषित करते हुए प्नर्मतदान कराने के निर्देश दिए हैं

उधर पाली शहर के आदर्श नगर स्थित एक मकान में ईवीएम ले जाने के मामले में चुनाव ड्यूटी में नियुक्त सेक्टर प्रभारी को निलम्बित कर दिया गया है इसी मामले में एसडीएम महावीर सिंह राठौड का एपीओ किया गया है

इस दौरान उनके समर्थकों ने कल रात हंगामा कर दिया विश्वेन्द्र सिंह ने मामले में भरतपुर एसपी पर शराब के नशे में अभद्रता करने का आरोप लगाते हए उन्हें निलम्बित करने की मांग की है मामला बढ़ने पर जिला कलेक्टर संदेश नायक एडीजी बीएल सोनी और आईजी मालिनी अग्रवाल ने विश्वेन्द्र सिंह से सर्किट हाउस में मामले को लेकर बातचीत की

एडीजी ने एसपी को छट्टी पर भेजने के भी निर्देश दिए है

सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला मुख्यालयों पर स्ट्रॉग रूम में रखा गया है निर्वाचन विभाग की ओर से मतगणना के लिए सुपरवाईजर मतगणना सहायक और अन्य कार्मिकों को आज से प्रशिक्षण दिया जा रहा है

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन पुलिसकर्मियों को नोटिस देकर चुनाव ड्यूटी पर आने के लिए पाबंद किया गया था इसके बावजूद भी यह डयूटी पर नहीं पहचे

उधर किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में वाहन से बेलट यूनिट गिरने के मामले में दो कार्मिको को निलंबित कर दिया गया है

तेरह दिन तक चलने वाले इस अभ्यास में भाग लेने के लिए रूसी वायुसेना के जवान और लड़ाक विमान मशीनरी के साथ जोधपुर पहंच गए हैं हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि पोकरण फायरिंग रेंज और बाड़मेर के उत्तरलाई में भी यह युद्धाभ्यास किया जाएगा

पकड़े गए यात्री मूस्सा गुजरात का और शाहिद दिल्ली का रहने वाला है

यह महिला जैसलमेर की रहने वाली थी और अपने परिजनों से मिलन पाकिस्तान गई थी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है

इस जीत से बेल्जियम के भी सात अंक हो गए हैं बेल्जियम की टीम ने अपने तीन मुकाबलों में दो जीते हैं और एक ड्रॉ रहा है

वहीं कई जगह कोहरा छाने से भी यातायात पर असर पड़ने लगा है